प्रधानमंत्री ने एक्टिव केस फांइडिंग अभियान को प्रभावी रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों को सराहा प्रदेश की सीमाओं में आने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना हुआ जरूरी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना प्रदेश के जरूरतमंद लोगों के लिए बनी मददगार

इस महामारी से निपटने से उत्पन्न स्थिति और कार्य योजना पर चर्चा के लिए वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आज उन्होंने राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत सहित कई देशों की स्थिति मार्च के प्रारम्भ में लगभग एक जैसी थी लेकिन समय पर कदम उठाये जाने से देश बहुत लोगों की रक्षा करने में सफल रहा नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस वायरस का खतरा अभी बना हुआ है और लगातार सावधानी ही सबसे अधिक महत्वपूर्ण है प्रधानमंत्री ने कहा कि अब हमें आगे के बारे में सोचने की आवश्यकता है दो गज दूरी के मंत्र को दोहराते हुए उन्होंने कहा कि मास्क और चेहरा ढकना आने वाले दिनों में लोगों के जीवन का हिस्सा बन जाएंगे

मुख्यमंत्री इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्टिव केस फाईडिंग अभियान को प्रभावी रूप से चलाने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के प्रयासों की सराहना की है प्रधानमंत्री ने कहा कि इस अभियान से हिमाचल के लोगों में इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी के लक्षणों की स्क्रीनिंग करने में सहायता मिली है उन्होंने सभी राज्यों को कोरोना वायरस महामारी से लड़ने के लिए हिमाचल प्रदेश की इस पहल का अनुसरण करने का आग्रह भी किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री से भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त वैंटिलेटर उपलब्ध करवाने का आग्रह किया उन्होंने कहा कि राज्य में फार्मास्यूटिकल इकाईयों में निर्माण कार्य शुरू हो गया है और देश विदेश को आपूर्ति की जा रही है मुख्यमंत्री ने इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से रसायन व कच्चे माल की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित बनाने का आग्रह किया मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आर्थिक गतिविधियां आरम्भ करने का प्रयास कर रही है और इसके लिए एक टास्क फोर्स गठित की गई है मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस के चलते लागू कफ्यू से प्रदेश में पर्यटन उद्योग और बागवानी क्षेत्र बुरी तरह से प्रभावित हुआ है और अब इस ओर कार्य करने की जरूरत है

सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने आज रोहडू उपमंडल के चिड़गांव तहसील के डुगयानी गांव में आग प्रभावित परिवारों से भेंट की उन्होंने उपमंडलाधिकारी और जिला प्रशासन के अन्य अधिकारियों को नुकसान का आकलन कर तुरंत इसकी रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए ताकि प्रभावित परिवारों को अधिक से अधिक सहायता प्रदान की जा सके भारद्वाज ने रोहड्र के डीएफओ को प्रभावित परिवारों को मकान बनाने के लिए टीडी की लकड़ी उपलब्ध करवाने को लेकर भी निर्देश दिए शिक्षा मंत्री ने स्थानीय लोगों को आश्वासन दिया कि चिड़गांव में अग्निशमन केंद्र या फायर स्टेशन खोलने की मांग को वे मुख्यमंत्री के समक्ष प्रमुखता से उठाएंगे और जल्द ही यहां फायर स्टेशन खोलने का प्रयास किया जाएगा इस मौके पर उन्होंने प्रभावित परिवारों को कम्बल भी वितरित किए

उन्होंने कहा कि एनएसएस ने डॉनेशन सेल भी बनाया है जिसके तहत पीएम केयर और एचपी कोविड सोलिडेरिटी रिसपॉन्स फंड के लिए सहायता राशि एकत्र की जा रही है उन्होंने मानव कल्याण के लिए किए जा रहें इन प्रयासों के लिए एनएसएस की सराहना की जयराम मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को प्रदेश में प्रवेश करने वाले लोगों के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए हैं शिमला मे आज उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उन्होंने ये निर्देश देते हुए कहा कि प्रदेश में आने वाले सभी लोगों की पूर्ण चिकित्सा जांच सुनिश्चित करने के बाद ही उन्हें होम क्वारंटीन किया जाना चाहिए जयराम ठाकुर ने अधिकारियों को ग्रीन जोन में आर्थिक गतिविधियां शुरू करने और आवश्यक वस्तुओं व कृषि उपकरणों की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित बनाने पर भी जोर दिया मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए लोगों को फेस मास्क व फेस कवर पहनने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए सैजल सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने कोरोना वायरस से बचाव के लिए दीर्घकालिक उपाय और आयुर्वेद पद्धति अपनाने पर बल दिया है सोलन में आज एक बैठक में उन्होंने कहा कि योगाभ्यास व्यक्ति को स्वस्थ रखने का मूल मंत्र है और स्वस्थ जीवन के लिए पौधों के महत्व को भी समझना होगा सैजल ने लोगों से सामाजिक दूरी बनाए रखने और घरों से बाहर निकलते समय मास्क पहनने का आग्रह भी किया गरीब कल्याण योजना कोरोना वायरस संक्रमण को देखते हुए लगाए गए कफ्यू के दौरान केंद्र सरकार द्वारा समाज के गरीब व जरूरतमंद वर्ग को लाभान्वित करने के लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सहायता दी जा रही है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत किन्नौर जिले के किसानों को दो दो हजार रुपये अग्रिम किश्त के रूप में मिले हैं जिससे वे बीज व कीटनाशक दवाईयां खरीद सकेंगे हमारे जिला संवाददाता सीताराम नेगी से बातचीत में किसानो ने इसके लिए प्रधानमंत्री का आभार जताया है

उन्होंने राज्यपाल से लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के गरीब लोगों को राशन वितरित करने और अधिक से अधिक रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए राज्य रैडक्रास को आवश्यक निर्देश देने का आग्रह किया

परिवहन विभाग के निदेशक कैप्टन जेएम पठानियां ने ये जानकारी दी है